नई दिल्ली में करिअप्पा परेड ग्राउंड में आज राष्ट्रीय कैडेट कोर एनॅसीसी के कैडटों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त कराया है प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर समस्या स्वतंत्रता के समय से ही थी लेकिन इसके समाधान का प्रयास नहीं किया गया प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर देश का आमूषण है और इसे समस्या मुक्त करना एक जिम्मेदारी थी जिसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पूरा किया है प्रधानमंत्री ने युवाओं से आग्रह किया कि परिवर्तन लाने में देरी न करें प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि किस तरह पूर्वोत्तर राज्यों में स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार आया है प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमले होते रहे हैं मासूम हिन्दू लड़कियों का अपहरण कर उनका धर्मान्तरण किया गया है श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान छदम युद्ध लड़ रहा है लेकिन भारतीय सेना उसे दस दिन में परास्त कर सकती है प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र की वर्तमान सरकार ने सत्तर वर्ष बाद करतारपुर गलियारा खोला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सुधारात्मक उपायों पर लगातार काम कर रही है श्री मोदी गुजरात के गांधी नगर में तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन को आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सम्बोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाये हैं उन्होंने कहा कि शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शरूआत तथा प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के माध्यम से मुल्य संवर्धन और मुल्य श्रंखला विकसित करने का प्रयास किया गया है श्री मोदी ने कहा कि इस महीने की शुरूआत में छह करोड़ किसानों के बैंक खातों में एक बार में बारह हजार करोड़ रूपये स्थानांतरित करने का रिकॉर्ड बनाया गया प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय में भारत में दालों की कमी थी लेकिन किसानों ने हौसला दिखाकर इस मुद्दे का समाधान किया

इस अवसर पर गंगा किनारे पूजन और आरती की गयी उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए उनसे गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए सहयोग की अपील की उन्होंने कहा कि गंगा किनारे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गंगा नर्सरी बनाई जाएंगी श्री ार्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार गंगा किनारे के गांवों में विकास के कई कार्य किए जाएंगे उन्होंने कहा कि गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए उन्यासी विशाल नालों को नदी में गिरने से रोका गया है और पच्चीस अन्य को रोकने का कार्य जारी है मेरठ के हस्तिनापुर से गंगा यात्रा हापुड़ के लिये रवाना हो गयी जहां ब्रज घाट पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश ार्मा केन्द्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने गंगा आरती में भाग लिया

गंगा यात्रा का समापन इकत्तीस जनवरी को कानपुर में होगा प्रदेश के पर्यटन एवं धर्मार्थ कार्य राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि सरकार भागीरथ सर्किट के अर्तगत गंगा किनारे बसे गाँवों में पर्यटन विकास के लिए कई विकास कार्य करेगी श्री तिवारी कल वाराणसी में सांस्कृतिक संकृल अर्बन हाट में गंगा यात्रा एवं विकास पर आधारित एक चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने गणतंत्र दिवस परेड दो हजार बीस में शामिल सर्वश्रेष्ठ झांकियों को आज नई दिल्ली में पुरस्कार प्रदान किये इसमें उत्तर प्रदेश की झांकी को ओडिशा के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला पहले स्थान पर असम की झांकी रही प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए प्रत्येक जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में अन्य वार्डो से अलग दस बिस्तरों का वार्ड बनाने का फैसला किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में कोरोना वायरस की स्थिति और इससे निपटने के उपायों की समीक्षा की मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से हवाई अड्डों पर विदेश से आने वालों पर विशेष सतर्कता बरतने को कहा

नेपाल में हाल ही में जानलेवा कोरोना वायरस का एक संदिग्ध मामला सामने आया है मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने को भी कहा है